भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी पंजाब हरियाणा व चंडीगढ़ सहित देशभर में पूरी श्रद्धा व उल्लास से मनाया जा रहा है

आज अंतर्राष्ट्रीय यूवा दिवस मनाया गया ये दिन यूवाओं की आवाज़ कार्य और उपक्रमों को सम्मानित करने का अवसर प्रदान करता है

इस वर्ष का केन्द्रीय विषय वैश्विक कार्य के लिए य्वा अन्बंध रखा गया है उप राष्ट्रीपति एम वैकेया नायडू ने इस अवसर पर युवाओं से आग्रह किया कि वे एक समान और सतत विश्व के निर्माण के लिए सक्रिय रूप कार्य करें उन्होंने य्वाओं से अपील की एक नवभारत का निर्माण करें जो गरीबी निरक्षता व भ्रष्टाचार से म्क्त हो और सबके लिए समान अवसर प्रदान करें गहमंत्री अमितशाह ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर युवाओं को केन्द्रीय अपनी श्भकामनायें दी अपने संदेश में श्री शाह ने कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति और सम्पति होते है

कि देश के य्वा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नव भारत की विश्वास परिकल्पना को साकार करने के लिए निरतंर प्रयासरत रहेंगे गृहमंत्री ने कहा कि क्शल और उत्साहित युवा के पासस अपने अवसरों का उचित उपयोग करने की अदभूत क्षमता होती है उन्होंने ये भी कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार के स्किल इंडिया स्टार्ट अप इंडिया मेक इन इंडिया एडं न्यू एज्केशन पोलिसी जैसे निर्णयों से युवाओं की क्षमताओ को उजाकर करने में मदद मिली है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो काफ्रेसिंग के माध्यम से पारदर्शी कर प्रणाली ईमानदार का सम्मान प्लेटफार्म का श्रूआत करेंगे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इन वर्षो में बड़े कर सुधार किये है

उधर पलवल जिले में आज दस कोरोना पोजिटिव मामले सामने आये

आज जिला यमुनानगर में तीन मरीज़ कोरोना पोजिटिव पाये गये सिविल सर्जन डा विजय दाहिया ने बताया कि इनके इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है

भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी पंजाब हरियाणा व चंडीगढ़ सहित देशभर में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है

विभिन्न शहरों में मंदिरों को रौशनी व फलों से सजाया गया है श्रद्धाल् सामाजिक दूरी और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अन्सार व अन्य विभागों का ख्याल रखते हये मंदिरों में माथा टेक रहे है इस वर्ष जन्माष्टमी की शोभा यात्रा नहीं निकाली गई तथा विशाल मेले व उत्साह भी नहीं करवायें जा रहे राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देते हये कहा है कि भगवान कृष्ण का कर्मयोग का संदेश ये सिखाता है कि सभी को फल की इच्छा किये बिना अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और ऐसा जज्बा आजकल कोरोना योदधाओं में नज़र आ रहा है क्योकि वे बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा में कर रहे है उन्होंने आशा व्यक्त की कि श्री कृषण सभी को तंदरूस्त तथा ख्शहाल रहने का आर्शीर्वाद दें उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर देशवासियों को बधाई दी श्री नायड़ ने अपने संदेश मे कहा है कि श्री कृष्ण की बाल लीला की कथाये हमारी कल्पनाओं का हिस्सा है उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता मे संदेश दिया है वह सम्पूर्ण मानवता का स्त्रोत है पलवल के मंदिरो में आज भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव ध्मधाम से मनाया गया मंदिरों में मथ्रा वृदांवन की तरह सजाया गया भक्तजनों ने समाजिक दुरी का ध्यान रखते हये मंदिर में जाकर अपने अराध्य के दर्शन किये और प्रसाद ग्रहण किया उधर सिरसा में भी सामाजिक दूरी के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया हालांककि शहर के मंदिरों में पारम्परिक सजावट की गई लेकिन पहले जैसा उत्साह नहीं दिखाई दिया

यमूना नगर जिले में प्राचीन श्री देवी भवन मंदिर राधा कृष्णा मंदिर जगाधरी जंगलावाली माता मंदिर यमूनानगर आदि मंदिरों को सजाया गया लेकिन कोरोना के डर के चलते बहत संख्या में श्रद्धाल् मंदिरों में पहुंच रहे है उधर आज जन्माष्टमी के मौके पर बल्लभगढ़ में नवल् कालोनी निवासी डी वी यादव ने गौ सेवा और नंदीग्राम गोशाला के लिए एक ट्रैक्टर भेंट किया इस मौके पर परिवहन मंत्री श्री मुल चंद शर्मा ने क्षेत्रवासियों को शुभकामनयें दी

कोरोना के चलते जन्माष्टमी पर्व के दौरान जिला के मंदिरों को सेनेटाइज किया गया

मन्दिर में जाने वाले श्रदधालुओं द्वारा मास्क पहनकर माथा टेका गया व लड्डू गोपाल को झूला झूलाकर श्भकामनाएं दी गयी प्रदेश के बिजली जेल एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि क्षेत्र के विकास में सड़कों की अहम भूमिका होती है बेहतर सड़कों के बनने से आवागमन स्गम होता है जिससे आमजन के समय व धन की भी बचत होती है

उन्होंने गांव बालासर की लड़कियों के राष्ट्रीय स्तर पर खेलने पर ख्शी जाहिर करते हए कहा कि हमारे बच्चे आगे ब रहे हैं जोकि जिला के लिए गर्व की बात है

इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है